प्रदेश में अचानक मौसम में आया बदलाव कृछ स्थानों पर आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे

कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजय माकन सहित कई ेराजनैतिक हस्तियों ने कल अपने मताधिकार का प्रयोग किया इधर चूनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार और तेज हो गया है

राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं

अलवर जिले के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय से सिविल लाइन्स फाटक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी विधायक कालीचरण सराफ सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए

बारां जिले के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में गरडा रोड़ जेसवा के पास ट्रेक्टर ट्राली पलट गई जिससे तीन बच्चों की मौत हो गई जबकि पन्द्रह लोग घायल हो गये

एक अन्य हादसे में टोंक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बारह पर बंथली गांव के पास कार के ट्रक से टकरा जाने पर एक महिला और उसकी तीन साल की बच्ची की मौत हो गई जबकि हादसे में महिला के पति औरं बेटी सहित चार लोग घायल हो गए उदयप्र के डबोक में मेड़ता गांव में किराने की द्वकान का छज्जा गिरने से उसके नीचे खड़े व्यक्ति की मौत हो गयी करौली जिले की हिण्डोन सिटी में बस की टक्कर से एक बालिका की मौत हो गई पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया प्रतापगढ के करसेलिया गांव में शादी समारोह के बाद पैदल अपने घर लिम्बाखेडा आ रहे लोगों को तेज गति से आ रही पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया हादसे में एक बाराती की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये राजसमंद जिले के भीम उपखंड के आमनेर गांव में पैंथर के हमले में कल एक बच्ची सहित पांच लोग घायल हो गए सभी घायलों का भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्र में उपचार के लिए ले जाया गया ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची पैंथर को ट्रेकूलाइज करके पकड लिया गया और बाद में वन क्षेत्र में छोड दिया गया हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में अवैध भ्रुण लिंग जांच के मामले में सोनोग्राफी सेंटर संचालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक समित शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी सक्सेना के नेतृत्व में टीम का गठन कर संगरिया में कार्रवाई कर इन आरोपियों को पकड़ा गया

बांसवाडा जिले में कल तीन अलग अलग स्थानों पर बाल विवाह रूकवाये गये तीनों जगहों पर परिजनों को हिदायत देकर पाबंद किया गया

सहकारिता विभाग के अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम विजय कुमार शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मेले में जयप्रवासी बढ़चढ़कर भाग ले रहे है मुम्बई इंडियंस ने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है हैदराबाद में कल खेले गये रोमांचक फाइनल मैच में चैन्नई सुपरकिंग्स को एक रन से हराकर मुम्बई की टीम ने आखिरी गेंद पर बाजी पलट ली

जवाब में महेन्द्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चैन्नई की टीम जीत नहीं पाई

प्रदेश के कई इलाको में कल एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया उदयपुर झालावाड़ और बाडमेर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे उदयपुर में तेज बारिश के बाद शहर में कई स्थानों पर पानी भर गया झालावाड जिले के पिडावा भवानी मंडी और बकानी क्षेत्र में हल्की बरसात के साथ चने के आकार के ओले गिरे

पिछले दो दिनों में आई आंधी और बारिश के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में अगले पांच दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है